हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ के इलाकों में कई दिनों से चल रही कड़ाके की ठंड का प्रकोप अभी भी जारी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि न्ये भारत को पानी की किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए तैयार रहना होगा अटल भूजल योजना का शुभारंभ करने के उपरान्त श्री मोदी ने कहा कि पानी की समस्या न केवल नागरिक और परिवार ही प्रभावित होते है बल्कि इसका असर राष्ट्र के विकास पर भी पड़ता है उन्होंने कहा कि पानी का विषय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बहत गहराई का विषय था

उन्होंने किसानों से अपील की कि वोह कम पानी चूसने वाली फसले उगाये प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मानसुन मौसम के दौरान पानी संरक्षण पर भरसक प्रयास किये गये उन्होंने लोगों से कहा कि हर गांव में लोग पानी के बारे में एक्शन प्लान बनायें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के सम्बध में लखनऊ में बोलते हये श्री मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट के विरूद्व क्छ शरारती तत्वों द्वारा की जा रही हिंसा और सार्वजनिक सम्पति को पहंचायें जा रहे न्कसान किसी भी तहर जायज़ नहीं है उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकार के साथ साथ कर्त्तव्यों को भी निभाने की जरूरत है उन्होंने अपील कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योकि ये कानून पाकिस्तान बांगलादेश और अफगनिस्तान इलाकें से आये उन कम गिनती वाली बिरादरीयों को नागरिकता देने के बारे है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर हरियाणा में आज इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है छठे सुशासन दिवस में ग्रूग्राम में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को सुशासन के रास्ते पर चलने के न्कते दिए प्रदेश भर से सभी जिलों के अधिकारियों ने भी वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा म्ख्यमंत्री को स्ना

सवा घंटे मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में तमाम योजनाओं के बारे में बताया और अधिकारियों को भी नसहियत दी कि वो लोगों के हित में काम करे भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर रेवाड़ी के जिला सचिवालय में ब्लॉक से लेकर जिला स्त्र पर स्शासन दिवस मनाया गया आज मदन मोहन मालवीय का जन्म दिवस भी प्रदेश में हर जगह स्शासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा हैं करनाल में इस दिवस पर हरियाणा के गांवो को लाल डोरे से आज़ादी देने की श्रूआत की गई पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिरसी गांवप्रदेश का पहला गांव बना गया है

इस अवसर पर क्रूक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार जनता के लिए है और उन्हें अधिक से अधिक सुशासन हमारा फर्ज है रोहतक के भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सीधे प्रसारण में शिरकत की

प्रदेश के प्रथम बिजली पंचायत पांच फरवरी को हिसार मे आयोजित की जायेगी

पंचक्ला में खेल मंत्री संदीप सिंह ने स्शासन दिवस पर कहा कि फर्जी खेल नर्सरियों को बंद किया गया है और व्यवस्था को सही करके दुसरी नर्सरियां फिर से खोली जायेगी

ये दिवस अम्बाला सिरसा और अन्य जिलों में भी मनाया गया

पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ समेत देश के उत्तरी इलाकों में पिछले कई दिनों से चल कड़ाके की ठंड और ध्यंध का प्रकोप आज भी जारी है

मंत्री संदीप सिंह ने भीम स्टेडियम के निरीक्षण करते हये कहा कि अब किसी भी स्टेडियम में निजि अकादमी के बच्चे खेल सकते हैं औरउनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा खेल मंत्री ने स्टेडियम के बॉक्सिंग हॉल व रिंग कृश्ती हॉकी रेसलिंग व अन्य मैदानों का निरीक्षण किया उन्होंने रिंग मैदान व इंडोर हॉल में एक एक खामी का बारीकी से जायजा लिया